कुल्लू के ढालपुर मैदान में हुआ राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए

नरेन्द्र मोदी ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की घोषणा की उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति ले आएगा

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस टुकड़ियों की सलामी ली इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे इस बीच शिमला स्थित प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता भी मौजूद रहे

कोरोना महामारी को देखते हुए इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया गया राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हुआ जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने की उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस आईटीबीपी गृह रक्षक व एनसीसी कैडिटों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और सलामी ली अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी उन्होंने स्वतंत्रता सैनानियों और शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी

इसके अलावा प्रदेश के चार लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया इनमें मंडी के प्रसिद्ध छायाकार वीरबल शर्मा जाने माने गायक बालकृष्ण शर्मा विख्यात चिकित्सक मंगत राम डोगरा और लोक गायक नरेंद्र ठाकुर शामिल हैं इसके अलावा उन्होंने सामाजिक व साहसिक कार्यो के लिए ऊना ज़िले के संदीप कुमार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिमला जिले की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी सुषमा वर्मा को भी सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा निवारण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे

ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए ज़िला स्तरीय समारोह में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेना में जाने के इच्छुक नौजवानों के लिए प्री कोचिंग सैनिक अकादमी का श्भारम्भ किया है जिसमें बेटियों के लिए भी स्थान रखा गया है धर्मशाला स्वतंत्रता दिवस विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने धर्मशाला में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया विपिन परमार ने लॉकडाउन के दौरान बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया सोलन स्वतंत्रता दिवस सोलन में हुए ज़िला स्तरीय समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली उन्होंने कोरोना महामारी में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ज़िला प्रशासन स्वयं सेवी संस्थाओं और मीडिया की सराहना की सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर कोरोना योद्वाओं को सम्मानित भी किया ऊना स्वतंत्रता दिवस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने ऊना में ज़िला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई है पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे

उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की श्भकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतो को याद किया उधर रिकांगपिओ में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की बरागटा ने इस अवसर पर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वागिण विकास किया है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है

बिक्रम ठाकुर ने इस अवसर पर कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया इस बीच हमीरपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली उन्होंने कोरोना संकट में बेहतरीन सेवाएं देने वाले लोगों को सम्मानित किया

सैजल ने इस अवसर पर कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया सांसद सुरेश कश्यप व विधायक राजीव बिंदल भी इस मौके मौजूद रहे वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया ने चंबा ज़िले के बनीखेत में ज़िला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया उन्होंने कोरोना योद्वाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी इस मौके मौजूद रहे कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

उन्होंने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया सम्मान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में प्रदेश के चार पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया